और विजय मर्चेंट क्रिकेट ट्राफी में बिहार और ओडिशा के बीच मैच ड्रा

श्री कोविंद पटना पहुंचने के बाद समस्तीपुर के लिये प्रस्थान करेंगे राष्ट्रपति समस्तीपुर के प्रसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के दस टॉपर छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान करेंगे विश्वविद्यालय में पांच सौ से अधिक छात्रों को डिग्री दी जायेगी दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह भी भाग लेंगे प्रसा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति श्री कोविंद पटना के ज्ञान भवन में एनआईटी के आठवें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे वे दस छात्रों को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे एनआईटी के निदेशक पीके जैन ने बताया कि शैक्षणिक सत्र दो हजार सत्रह अठारह के सात सौ छत्तीस विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जायेगी राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पूसा और पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं केन्द्र सरकार ने उज्जवला योजना के तहत लाभार्थी को अपना गैस सिलेंडर बदलने की सुविधा देने की पहल की है इसके तहत योजना के लाभार्थी अपना चौदह किलो का गैस सिलेंडर बदल कर पांच किलो का छोटा सिलेंडर की बुक करा सकते हैं सरकार बड़े सिलेन्डर की तरह छोटे सिलेंडर पर भी सब्सिडी देगी लाभार्थी एक वर्ष में पांच पांच किलो के चौंतीस सिलेंडर बुक करा सकते हैं केन्द्र सरकार ने बालिका गृहों और शेल्टर होम्स में बच्चों के शोषण के मामलों से निपटने के लिए देश भर के जिलाधिकारी को एडवाइजरी जारी किया है महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय ने गड़बड़ी करने वाले शेल्टर होम्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का सुझाव दिया है मंत्रालय ने कहा है कि शोषण के शिकार बच्चों को चिकित्सीय सुविधा के साथ चौबीस घंटे के भीतर मनोवैज्ञानिक उपचार और परामर्श दिया जाना जरूरी है इधर बालिका गृह कांड के मामले में राज्य की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है पुलिस ने मुजफ्फरपुर में कल मंजू वर्मा की तलाश में रिश्तेदार के घर छापेमारी की गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मंजू वर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर डीजीपी को तलब किया है राज्य के सभी प्रखंडों में कल किसान क्रोडिट कार्ड के लिए शिविर लगाया जायेगा गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से प्रत्येक माह के पन्द्रह तारीख को इस शिविर का आयोजना सभी प्रखंड मुख्यालय में किया जाता रहा है लेकिन इस माह छठ पर्व के मद्देनजर इसकी तिथि में परिवर्तन किया गया है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव समय पर करवाने को कहा है इस संबंध में मंत्रालय ने सभी राज्यपालों को पत्र लिखा है और साथ ही उच्च शिक्षा में बेहतर स्थिति बनाये जाने तथा विश्वविद्यालयों में काम को डिजिटल करने पर बल दिया है इसके अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया से लेकर अन्य सभी प्रक्रिया को ऑनलाईन करने का भी निर्देश दिया गया है इधर पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रासबिहारी सिंह ने कहा है कि दिसम्बर महीने में छात्र संघ का चुनाव कराया जायेगा प्रदेश के तीन जिलो सहरसा सुपौल और अररिया में डॉल्फिन सहित जलीय जीवों का संरक्षण किया जायेगा इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार सहयोग करेगी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य जलीय जीवों का संरक्षण कर परिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन में योगदान करना है तीन जिलों में इस योजना पर खर्च के लिए तिरपन लाख उनचास हजार रूपये की राशि की स्वीकृति दी गयी है छठ पर्व की समाप्ति के बाद प्रदेश से बाहर जाने वालों के लिए रेलवे की ओर से आज से कई विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है यात्रियों की भीड़ को देखते हुये रेलवे ने सत्ताईस अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है यह ट्रेनें पटना बरौनी सहरसा मुजफ्फरपुर दरभंगा और गया स्टेशनों से नई दिल्ली मुम्बई और सिकंदराबाद जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए चलायी जायेगी इनमें सात ट्रेनें पटना जंक्शन से खुलेगी जो आनंद विहार मुम्बई सिकंदराबाद और हबीबगंज के लिये जायेगी राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में मौसम ने उतार चढ़ाव जारी है राजधानी में न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गयी है वहीं अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हुई है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों में मौसम शुष्क बना रहेगा अगले एक हफ्ते में पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जायेगी मुजफ्फरपुर में डेंगू के चार नये मरीज मिले हैं जिनका इलाज श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर तीस हो गयी है सीवान जिले में शराब कारोबारियों को पकड़ने गयी पुलिस टीम पर शराब माफिया के पथराव में दो पुलिसकर्मी घायल हो गये इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के भरौल गांव में ग्यारहवें छठ महोत्सव की शुरूआत हो गयी है महोत्सव में हंस राज हंस और उमा लहरी जैसे प्रख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे सारण जिले के पुलिस अधीक्षक ने रसूलपुर और जनता बाजार थानाध्यक्ष को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है मिथिलांचल में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक लोक पर्व सामाचकेवा शुरू हो गया है कार्तिक मास के पांचवीं शुल्क पक्ष तिथि से इस पर्व की शुरूआत होती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका समापन होता है पर्व के दौरान बहन अपने भाई के दीर्घ जीवन और सम्पन्नता के लिए मंगल कामना करती है कटक में आयोजित विजय मर्चेट क्रिकेट ट्रॉफी में बिहार और ओडिशा के बीच खेला गया मैच ड्रा पर समाप्त हो गया बिहार को एक अंक मिला है इस मैच के बाद बिहार अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बरकरार है बिहार का अगला मैच बंगाल के साथ अठारह नवम्बर से कोलकाता में खेला जायेगा आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है सरकार का सुप्रीम कोर्ट में विमानों के दाम की जानकारी सार्वजनिक करने से इंकार शीर्ष अदालत ने वायु सेना और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष वरिष्ठ अफसरों से भी सवाल जबाव किये राफेल की जांच पर फैसला सुरक्षित दैनिक जागरण की सुर्खी है मंजू वर्मा की तलाश में रांची और हजारीबाग में छापेमारी जारी दैनिक भास्कर लिखता है पांच राज्यों में मतगणना के दिन ग्यारह दिसम्बर को शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र प्रभात खबर ने राष्ट्रपति के एक दिवसीय प्रदेश के दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है आज बिहार आयेंगे राष्ट्रपति पूसा कृषि विश्वविद्यालय और एनआईटी पटना के दीक्षांत समारोह में लेंगे भाग

और विजय मर्चेंट क्रिकेट ट्राफी में बिहार और ओडिशा के बीच मैच ड्रा